राज्यपाल लालजी टंडन ने इसका शुभारंभ किया

इस बार यह आयोजन हमीदिया कालेज भोपाल के दर्शन शास्त्र विभाग ने किया है इस अधिवेशन में मुख्य विषय योग की विभिन्न धाराएं पर देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों के दर्शनशास्त्र के अध्येता अपने विचार प्रकट करेंगे अधिवेशन में स्वदेशी और स्वराज का दर्शन और गांधी एवं समकालीन चिंतक विषय के अलावा भारतीय भाषा दर्शन पर विशेषज्ञ अपनी बात रखेगें साथ ही संगोष्ठी और व्याख्यानमालांए भी आयोजित की गयी है सेमिनार में दर्शन शास्त्र के विभिन्न विषयों पर अपने शोधपत्र भी पढेंगे

उपचुनाव प्रचार प्रदेश में झाबुआ विधानसभा उप चुनाव के लिए भी प्रचार के अंतिम दिन आज कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया और भाजपा उम्मीद्वार भानु भूरिया के साथ ही तीनों निर्दलीय प्रत्याशी भी प्रचार में जुटे है कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में मुख्यमंत्री कमलनाथ अब से कुछ देर बाद राणापुर में जनसभा को संबोधित करेंगे जबकि भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का रोड शो आज किशनपुरी गांव से शुरू हुआ

गौरतलब है कि अपराधियों पीडितों संदिग्धों और विचाराधीन कैदियों सहित खास श्रेणी के लोगों की पहचान की पुष्टि के लिए डीएनए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर नियंत्रण संबंधी यह विधेयक लोकसभा ने इस वर्ष जुलाई में पारित किया था इस विधेयक में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर डीएनए डाटा बैंक स्थापित करने का भी प्रावधान है संस्कृति महोत्सव रीवा में कल से राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के तीसरे चरण का कार्यक्रम प्रारंभ होगा देश के विभिन्न राज्यों से आए अलग अलग विधाओं के पांच सौ से अधिक कलाकार अपनी कलाओं का प्रदर्शन करेंगे

विमोचन मीडिया में मूल्यों पर केन्द्रित पुस्तक मूल्यानुगत मीडिया संभावना और चुनौतियां का विमोचन आज फिल्म अमिनेता आशुतोष राणा और वरिष्ठ पत्रकारों एनकेसिह प्रकाश दुबे तथा राजेश बादल ने किया पुस्तक के लेखक प्रोफेसर कमल दीक्षित ने इस विषय पर लेखन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला कार्यक्रम में कई जाने माने पत्रकार और पत्रकारिता के विद्यार्थी भी मौजूद थे किकेट भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन टैस्ट मैचों की श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज से रांची में खेला जा रहा है

कुलदीप यादव के बाएं कंधे में दर्द की वजह से झारखण्ड के स्पिन गेंदबाज शहबाज नदीम इस टैस्ट मैच के लिए टीम में शामिल किए गए हैं